इसलिए सभी श्रोताओं से अधील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उप्रायों का शालन करें

प्रधानमंत्री कहा है कि ऑक्सीजन की ायाप्त मात्रा में आध्र्ति को स्निश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाना जरूरी है उन्होंने इसकी बढ़ती मांग को प्ररा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया

विधायक निधि कोरोना अब विधायकों की सिफारिश र निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उ योग कोरोना वायरस से नि टने के लिये जरूरी चिकित्सकीय उ करणों की खरीदी एवं अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाएँ करने में किया जा सकेगा योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं

व्यय की अनुमति एक बार के लिये होगी

बैतूल जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमला विधायक डॉ योगेश ण्डागरे और र्व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने एक एक लाख रु ये की राशि रेड क्रॉस समिति के लिए कलेक्टर को भेंट की धार विधायक नीना वर्मा ने भी जिला भोज चिकित्सालय में विधायक निधि से सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम के लिए राशि स्वीकृत की है

मन्दसौर कलेक्टर मनोज थ्ष्प ने बताया कि इस दौरान जिले में आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति जारी रहेगी

सीहोर में कोरोना कर्फ्य् का उल्लंघन करने वालों र कार्रवाई की जा रही है रायसेन जिले के सभी विकासखण्डों में कोरोना वालेंटियर्स दवारा गॉव गॉव में लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जानकारी देते हए सचेत किया जा रहा है

सतना सांसद गणेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर स्वामी जी फ्यूल्स सेनेटाइजरीकरण सेनीटाइजर रथ का श्भारंभ किया

अध्ययन समझौता मह के डॉ बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय और आर्मी वॉर कॉलेज ने अकादमिक उत्कृष्टता और विस्तार के लिए एक समझौता किया है आर्मी वॉर कॉलेज के साथ अकादमिक गतिविधियों को विस्तार देने वाला यह देश का श्हला विश्वविद्यालय है प्रारंभ में आर्मी वॉर कॉलेज के सभी रैंक के लोग पीएचडी मानवाधिकार और योग विज्ञान में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए शात्र होंगे यह अकादमिक विस्तार धीरे धीरे अन्य शाठ्यक्रमों के जरिये होगा

अ र म्ख्य निर्वाचन दाधिकारी अरूण कुमार तोमर ने बताया कि मतदान केन्द्र र मतदाता के ता मान की जाँच की जायेगी

हर मतदाता को मास्क हनना अनिवार्य है मतदान केन्द्र र मतदाता को एक हाथ का दस्ताना दिया जाएगा जिसको शहन कर वह ईवीएम का बटन दबा सकेगा मतदान केन्द्र र आगमन और निर्गम दवार र हाथ धोने के लिए साबन और सैनेटाइजर की व्यवस्था रहेगी कोविड केयर सेंटर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार कोविड केयर सेंटरों की संख्या बढ़ा रही है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि रेडक्रास अस् ताल को भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है इसके अलावा कम लक्षण वाले मरीजों के लिए प्रशासन अकादमी में भी व्यवस्था बनाई जा रही है

यह मशीनें भो ाल के सरकारी मेडिकल संस्थानों को दी जाएंगी